प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर पैंतीस प्रतिशत पर पहुंची

बिहार सरकार ने लॉकडाउन में शर्तो के साथ जन सरोकार से जुड़ी आवश्यक द्रकानों को खोलने को लेकर नये दिशा निर्देश जारी किये हैं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमीर सुबहानी ने बताया कि जिलाधिकारियों को दुकान खोलने के समय निर्धारित करने के लिये अधिकृत किया गया है साथ ही उन्हें भीड़ को कम करने के द्रष्टिकोण से अलग अलग समय या सप्ताह के अलग अलग दिनों में दुकान खोलने देने के आदेश के लिये अधिकृत किया गया है साथ ही सभी द्रकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और स्वच्छता बनाये रखने के निर्देश दिये गये हैं जारी आदेश में कहा गया है कि इलेक्ट्रोनिक्स पंखा एसी और कूलर की दुकानें खुलेंगी इसके अलावा मोबाईल कम्प्यूटर लेपटॉप बैटरी और यूपीएस की दुकानों को भी खोलने का आदेश दिया गया है इन सभी उपकरणों की मरम्मत से जुड़ी दुकानें भी खुलेंगी वहीं ऑटोमोबाईल्स और टायर ट्यूब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है आदेश में कहा गया है कि ऑटो मोबाईल्स स्पेयर पार्टस की दुकान एक दिन बीच करके खोली जा सकती हैं वहीं गैरेज वर्कशाप और प्रद्षण जांच केन्द्रों को प्रतिदिन खोलने का निर्देश दिया गया है हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट की दो दुकानें प्रमंडल मुख्यालय में जबकि एक जिला स्तर पर खुलेगी वहीं निर्माण सामग्री की भंडारण और बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठानों को भी खोलने का आदेश दिया गया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित छियालीस मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इन सभी का प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा था स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर एक सौ अठासी हो गयी है अब तक सबसे अधिक मुंगेर और नालंदा के तीस तीस मरीज स्वस्थ हुए हैं वहीं सिवान के पच्चीस बक्सर के उन्नीस पटना के सत्रह कैमूर के सोलह और भोजपुर के दस मरीजों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी है प्रधान सचिव ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर पैंतीस प्रतिशत हो गयी है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब कोरोना मामलों के दोगुनी होने की रफ्तार नौ दिन हो गयी है बाईस अप्रैल से छब्बीस अप्रैल के बीच मामले चार दिन में हो दोगुने हो रहे थे जबकि पंद्रह अप्रैल से इक्कीस अप्रैल के बीच दोगुनी होने की रफ्तार सात दिन थी उन्होंने बताया कि राज्य में बत्तीस जिलों के छिहत्तर प्रखंड कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके है श्री कुमार ने बताया कि अब तक नौ करोड़ चौवन लाख से अधिक लोगों का सर्वे किया गया है इस दौरान तीन हजार आठ सौ उन्नीस ऐसे लोग मिले जिनमें सर्दी खांसी और बुखार के लक्षण थे उन्होंने बताया कि संदिग्धों के नमूने भी एकत्र किये जा रहे हैं इधर प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के छह नये मामलों की प्रष्टि होने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच सौ इकतालीस हो गयी है आज जो नये मामले सामने आये उसमें पटना से दो और पूर्णिया शिवहर कैमूर और मधुबनी से एक एक मामले हैं प्रदेश में कोरोना से अब तक चार मरीजों की मौत हो चुकी है अब तक जो मामले पॉजिटिव पाये गये हैं उनमें पैंसठ प्रवासी श्रमिक हैं इधर देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर उन्चास हजार तीन सौ इक्यानवें हो गयी है इनमें से चौदह हजार एक सौ तिरासी लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है जबकि एक हजार छह सौ चौरानवे मरीजों की मौत हो चुकी है राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रछा है कि गया में कोरोना संक्रमण का सिर्फ एक सक्रिय मामला होने के बाद भी जिले को रेड जोन में क्यों रखा गया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी गौरतलब है कि गया में छह संक्रमित मिले थे जिनमें पांच स्वस्थ हो चुके हैं देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों और छात्रों को लेकर आज तेरह विशेष ट्रेनें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंची इन ट्रेनों से चौदह हजार नौ सौ इक्यावन मजदूर और छात्र बिहार पहुंचे हैं राजस्थान से दो और ग्रजरात से एक ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची वहीं गुजरात से दो अन्य ट्रेनें बरौनी जंक्शन और एक ट्रेन सीतामढ़ी पहुंची हैं महाराष्ट्र से दो ट्रेनें दरभंगा जबकि एक अन्य ट्रेन सहरसा पहुंची वहीं राजस्थान से दो ट्रेन कटिहार और तेलंगाना से चली एक ट्रेन खगड़िया पहुंची दूसरी तरफ कर्नाटक से एक ट्रेन दानापुर पहुंची है इधर कल चौबीस ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार पहुंचेगी इनमें से सबसे अधिक आठ ट्रेन गुजरात से आ रही हैं वहीं पांच पांच रेलगाड़ियां महाराष्ट्र और तेलंगाना से जबकि तीन राजस्थान से आ रही है इसके अलावा आंध्र प्रदेश हरियाणा और केरल से भी एक एक ट्रेन कल बिहार पहुंचेगी इन ट्रेनों से अठाईस हजार चार सौ सड़सठ यात्री आ रहे हैं इधर कोटा से मुजफ्फरपुर पहुंचे कुछ छात्रों ने आकाशवाणी से बातचीत में प्रसन्नता जताते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया

ये सभी सीतामढ़ी और अररिया जिले के रहने वाले बताये जाते हैं राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों के कौशल सर्वे का काम शुरू कर दिया है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि इसके लिये एक एप विकसित किया गया है

श्री कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कोरोना महामारी से निपटने में जिला प्रशासन ने स्थानीय विधायकों की राय मांगी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक करीब उनतालीस करोड़ गरीबों को चौंतीस हजार आठ सौ करोड़ रूपये वितरित किये जा चुके हैं इस वर्ष मार्च में वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नकद राशि दी जाती है केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि लाभार्थियों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए इस काम में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है

भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब नौ लाख साठ हजार सदस्यों ने अपने अपने खातों से करीब कुल तीन हजार करोड रूपये की निकासी की मनरेगा योजना के तहत करीब छह करोड कार्यदिवसों का सुजन किया गया और राज्यों को इस मद में खर्च के लिए इक्कीस हजार बत्तीस करोड रूपये जारी किये गये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी ने बाईस लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू की है केन्द्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को एक सौ सैंतीस लाख टन से अधिक खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है उपभोक्ता कार्यमंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि लगभग छह लाख टन अनाज पूर्वोत्तर राज्यों को पहुंचाया गया है एक रिपोर्ट साउंड बाईट लॉकडाउन के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने खुला बाजार बिक्री योजना के माध्यम से चार लाख पचास हजार टन गेहूँ और पांच लाख इकसठ हजार टन चावल की बिक्री की है राहत शिविर चलाने वाले गैर सरकारी संगठन और सामाजिक संस्थाएं इस योजना के तहत तय की गई दरों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम से सीधे गेहूँ और चावल खरीद सकते हैं

दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार लॉकडाउन के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सहायता से आम लोग काफी खुश हैं

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड ने वित्त वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए जीएसटी ऑडिट और वार्षिक रिर्टन भरने की तारीख तीस सितम्बर दो हजार बीस कर दी है सरकार ने चौबीस मार्च को या उससे पहले के सभी ई वे बिल भरने की तिथि भी इकतीस मई तक बढ़ा दी है केन्द्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए स्वदेश वापसी उड़ान गूगल फॉर्म जारी करने की खबरों का खंडन किया है सरकार ने इस गूगल फॉर्म से जुड़े व्हाट्स एप संदेश को फर्जी बताया है पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई फॉर्म जारी नहीं किया है लोगों को इस लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है और दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये ही पंजीकरण कराने को कहा है केन्द्र सरकार ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप में डेटा या सुरक्षा उल्लंघन का कोई मामला नहीं पाया गया है एक एथिकल हैकर द्वारा ऐप में संभावित स्रक्षा मूद्दे को लेकर चिंता जताये जाने के बाद सरकार का यह स्पष्टीकरण आया है नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड उन्नीस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जनसहयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है

वो एक प्लैट हो सकता है प्लैट के आने का मतलब कि नम्बर ऑफ केसेज बहत कम हो जायेंगे अगर ये सारे जो प्रीकोशन्स हैं इसको पूरी तरह से पूर्णतया हम सभी लोग सहयोग करे और उसको माने प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक एक हजार आठ सौ उनचास प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी हैं वहीं एक हजार आठ सौ चौरासी लोगों की गिरफ्तारी हुई हैं अब तक तेरह करोड़ तैंतीस लाख रूपये की राशि जुर्माना के रूप में वसूली गयी है जबकि उनसठ हजार से अधिक वाहन भी जब्त किये गये हैं कटिहार ऋषि भवन क्वारेंटीन सेंटर से भागे दस लोगों को आजम नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि ये मजदूर गत चार मई को सेंटर से भाग गये थे इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है हंदवाड़ा में शहीद सीआरपीएफ के जवान संतोष कुमार मिश्रा का आज औरंगाबाद जिले के देवहरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया शहीद जवान की अंतिम यात्रा में लोग संतोष कुमार मिश्रा अमर रहे के नारे लगा रहे थे शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इस अवसर पर सीआरपीएफ के आईजी जिलाधिकारी स्थानीय विधायक मनोज कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे इससे पूर्व शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से गया हवाई अड्डे पर लाया गया जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इधर सिक्किम के गंगटौक में शहीद पश्चिम चंपारण जिले के मंझौलिया के बेखरा निवासी सेना के जवान पिंटू चौरसिया का आज पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे

प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर पैंतीस प्रतिशत पर पहुंची